प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी

कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें अब समाचार विस्तार से देश में कोविड रोगियों के लिए टू डीऑक्सी डी ग्लूकोस दवा आज जारी की गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में यह दवा आशा की नई किरण लेकर आई है

ये आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा कोई चौलेंज आए यो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर यो क्षमता है यो ताकत है कि उसका मुकाबला यो कर सकते हैं और जो ये ड्रग का इजाद किया गया है मै समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो सांइटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता चालीस प्रतिशत कम होगी वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है साउंड बाइट आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है क्योंकि कोविड की जंग को एक साल से ज्यादा समय से हम सब लड रहे हैं लेकिन इस एक साल से ज्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन्स को डेवलेप भी किया गया और वैक्सीन्स को देश के लिए उपलब्ध मी कराया गया लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडियिज़ुअल रिसर्च के तहत दया है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक द्रष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेन्शियल रखती है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढने से रोकने में यह दवा काफी हद तक प्रभावी है उन्होंने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य संबंधी ब्रनियादी ढांचे को लगातार सुदृढ़ कर रही है देश में प्रेशर स्विंग एडर्जोप्शन संयंत्र लगाने को प्रयास किये जा रहे हैं और यह काम दो से तीन महीनों में प्ररा कर लिया जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से टू डी जी दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और यह दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जायेगी साउंड बाईट नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है और बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है

महामारी को विरुद्ध तैयारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डीआरडीओ ने ट्र डीजी के चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित करने की पहल की थी ग्लूकोज का एक जेनरिक मौलिक्यूल और एनालॉक होने के नाते इसका उत्पादन आसानी से हॉ सकेगा और देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकेगा यह दया पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकेगा ट्र डीजी दवा वायरस से संक्रमित मरीज की कोशिकाओं में जाकर उसे बढ़ने से रोकती है इस दवा से संक्रमित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हो सकेगी और कोविड मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधि को भी कम करेगी अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी उनकी तस्वीरें और संपर्क को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके माता पिता कोविड महामारी के कारण नहीं रहे हो और उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो बच्चे की सूचना पुलिस बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्प लाइन दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आकाशवाणी से कहा कि ऐसे बच्चे को बाल कल्याण समिति को दिया जाना चाहिए साउंड बाईट कोविड टाइम्स में जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन सभी बच्चों को ये जरूरी है कि जिले की चाइल्ड वेलकेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाए वो कमेटी ही तय करेगी कि उन बच्चों को लीगली फ्री फॉर अडोपशन किया जाना हो उनके परियार के साथ रखा जाना है कैसे उनकी येल बीइंग एनश्योर होगी इसके लिए जो कानून से मेंडेटिड स्थान है यो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही डिस्ट्रिक्ट थी

राज्य में कोविड उन्नीस के प्रसार को देखते हुए सभी निचली अदालतों में बाईस मई तक न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे पटना उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायाधीशों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है वहीं उच्च न्यायालय का कार्यालय आज से उन्नीस मई तक बंद रहेगा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें मौसम परिवर्तन और बारिश से कोविड संक्रमण की रफ्तार कम होने की बात कही जा रही है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए कहा है कि कोरोना की रफ्तार केवल कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने से कम की जा सकती है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोविड के शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्हें होम आइसोलेशन में रहकर जरूरी दवाएं लेनी चाहिए

आज पांच हजार नौ सौ बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक हजार एक सौ नवासी मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं वैशाली जिले में तीन सौ इकहत्तर गया में दो सौ नवासी समस्तीपुर में दो सौ अस्सी पश्चिमी चंपारण जिले में दो सौ अठाईस और नालंदा तथा मध्बनी जिले में दो सौ छब्बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी संक्रमण के मामले सामने आये हैं प्रदेश में अब तक नब्बे लाख चौदह हजार दो सौ सैंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख नौ हजार सात सौ छह लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से एक लाख सात हजार सतासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दो हजार छह सौ उन्नीस लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक अठारह करोड़ उनतीस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं कोविड महामारी के इस दौर में समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है कई लोगों की नौकरियां छूट गयी है तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है इस स्थिति में कई सामाजिक कार्यकर्ता कोविड वॉरियर्स के रुप में मदद के लिए आगे आये हैं पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद तबरेज आलम भी उन्हीं कोविड योद्वाओं में से एक हैं

और हर दिन इस टीम ने दो महीने से अधिक समय तक जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था टीम का इस बार फोकस कोविड मरीजों को ऑक्सीजन और होम आइसोलेशन में मदद करने पर है यहीं तबरेज आलम ने अपने प्रयास से लोगों को खाना उपलब्ध कराने का अभियान जारी रखा है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में समी को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए

मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया मुजफ्फरपुर के ही जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जेपी सिंह का भी कोरोना महामारी से निधन हो गया है जाने माने साहित्यकार और भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रेवती रमण का कोविड से निधन हो गया वे साहित्य अकादमी समिति के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे इधर समस्तीपुर जिले के नथुद्वार के मुखिया महबूब आलम का कोविड से निधन हो गया वे अठाईस वर्ष के थे प्रदेश में कोविड उन्नीस दिशा निर्देशों और प्रोटोकोल का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने एक मई से अब तक दो सौ तिरपन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं अठारह हजार से अधिक वाहनों को जब्त करते हुए तीन करोड़ इक्यावन लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है इधर इसी अवधि में अड़सठ हजार दो सौ तीन लोगों के मास्क नहीं पहनने पर उनसे लगभग चौंतीस लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने कोविड उन्नीस के प्रसार को देखते हए छियासठवीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है यह परीक्षा चार पांच और आठ जून को आयोजित होने वाली थी परीक्षा के आयोजन की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम सक्रिय नहीं होने से अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हआ है मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ताउ ते के प्रभाव से राज्य के कुछ स्थानों पर बादल छाये रह सकते हैं मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है

राजधानी पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इधर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मध्बनी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली शिवहर समस्तीपुर बक्सर भोजपुर पटना गया और आसपास के जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है कोविन पोर्टल अगले सप्ताह से हिन्दी सहित चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी जानकारी दी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण टीकाकरण केन्द्र आवंटन लाभार्थियों को संदेश भेजने सहित कोविड उन्नीस टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है

प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी